अब सदन की बैठक सत्ताईस दिसम्बर को होगी आज सदन की बैठक श्रु होने पर ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के सदस्य कर्नाटक को कावेरी नदी पर प्रस्तावित मेकेदातू जलाशय की विस्तृत योजना रिपोर्ट तैयार करने के लिये केंद्रीय जल आयोग की मंजूरी के विरोध में सदन के बीचोबीच आ गये तेलुगु देशम पार्टी के सदस्यों ने भी आंध्र प्रदेश को वित्तीय सहायता की मांग की हंगामा जारी रहने पर अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने सदन की कार्रवाई पहले बारह बजे तक और फिर छब्बीस दिसम्बर तक स्थगित कर दी राज्यसभा की कार्यवाही विपक्षी सदस्यों के रफाल विमान सौदे के मुद्दे पर हंगामे के कारण ढाई बजे तक स्थगित कर दी गयी थी उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि भारत विकासशील देशों को किफायती मूल्यों पर जीवनरक्षक दवाएं उपलब्ध करा रहा है दिल्ली के समीप नोएडा में आज भारतीय फॉर्मास्यूटिकल कांग्रेस को संबोधित करते हुए श्री नायडू ने कहा कि नीति निर्मातओं और फॉर्मा कंपनियों को ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम जीवनरक्षक दवाएं और निवारक टीकों के विकास पर भी ध्यान देना चाहिए श्री नायडू ने कहा कि बाजार में जेनेरिक दवाओं को तेजी से लाने पर विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है उन्होंने कहा कि फॉर्मास्युटिकल उद्योग को भारत को जेनेरिक औषधियों की अंतर्राष्ट्रीय राजधानी बनाने के प्रयास करना चाहिए श्री नायडू ने कहा कि युवा शोधकर्ताओं को भारतीय चिकित्सा पद्वतियों के मानकीकरण की दिशा में कार्य करना चाहिए और उन्हें वैश्विक प्रायोगिक समझौतों के आधार पर परंपरागत औषधियों का प्रमाव वैघता और क्षमता स्थापित करनी चाहिए केन्द्रीय संसदीय कार्य मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि किसानों के लिये ऋणमाफी उनकी परेशानियां का स्थायी समाधान नहीं है संसद से बाहर बातचीत में श्री तोमर ने कहा किसानों की समस्या का समाधन किसान हितैषी नीतियों में है केन्द्र सरकार ने स्टार्ट अप यानी नए उद्यमों और इनमें निवेश करने वाले नए उद्यमियों के कर भुगतान से जुड़े सभी मुद्दों की जांच के लिए विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्णय लिया है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कहा है कि निर्धारित कर वसूली के लिए नए उद्यमों पर कोई जोर जबर्दस्ती नहीं की जाएगी प्रदेश विधानसभा का चार दिवसीय शीतकालीन सत्र आज अनिश्चितकाल के लिये स्थगित हो गया पिछली अट्ठारह दिसम्बर से शुरू हुये इस सत्र के दौरान आठ हजार चौवन करोड़ रूपये के दूसरे अनुपूरक बजट के अलावा कई अन्य विधेयक भी पारित किये गये विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने सत्र के दौरान सदस्यों को उनके सहयोग के लिये धन्यवाद् ज्ञापित किया राज्यपाल राम नाईक ने कहा है कि प्रदेश में महिला सशक्तीकरण की दिशा में तेजी से कार्य हो रहा है हर क्षेत्र में महिलायें आगे बढ़कर हिस्सा ले रहीं हैं उन्होंने कहा कि एक लड़के के शिक्षित होने से एक परिवार को फायदा होता है जबकि एक लड़की शिक्षित होकर दो परिवारों को संस्कारवान बनाती है इसलिये लड़कियों की शिक्षा के लिये अधिक जागरूकता की आवश्यकता है राज्यपाल आज जौनपुर में एक सामाजिक संस्था के कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे

श्री शर्मा ने विघानसभा सत्र के अन्तिम दिन आज कहा कि विजली क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिये सरकार हर सम्मव उपाय कर रही है उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को ट्यूबवेल के कनेक्शन के लिये हर वर्ष अड़सठ हजार रूपये की रियायत दे रही है राज्य के ग्यारह लाख इकतीस हजार किसान इसका लाभ उठा रहे हैं इसके अलावा डार्क जोन के अट्ठावन हजार किसानों को भी कनेक्शन दिये गये हैं से अप अप अप अप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुल्तानपुर में दो सगे भाइयों के अपहरण के बाद एक भाई की हत्या किये जाने पर गहरा शोक व्यक्त किया है मुख्यमंत्री आज सुबह लखनऊ के किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के ट्रामा सेंटर पहुंचे और घटना में घायल बच्चे का कुशलक्षेम पूछा उन्होंने चिकित्सकों को उसका समुचित उपचार करने का निर्देश दिया तथा पुलिस को अपराधियों के खिलाफ कठोरतम कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये मुख्यमंत्री ने मृतक बच्चे के परिजनों को पांच लाख रूपये और घायल बच्चे के परिजनों को दो लाख रूपये की आर्थिक सहायता देने की भी घोषणा की है

इस हादसे में तीन अन्य लोग घायल भी हुये हैं